कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

कारोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा उठाए गए कई कदमों के बाद अब सरकार ने यह एक और छूट दी है जिन कर्मचारियों को कार्यालय आने की छूट दी गई है उन्हें घर से ही काम करना होगा कनटेनमेंट जोन में निवास करने वाले केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को भी तब तक कार्यालय आने की छूट दी गई है जब तक उस क्षेत्र को कनटेनमेंट जोन से बाहर अधिसूचित नहीं कर दिया जाता आदेश में कहा गया है कि कार्यालय आने वाले सभी अधिकारियों को मास्क पहनने सुरक्षित दूरी बनाए रखने सैनिटाइजर का उपयोग करने और साबुन तथा पानी से लगातार हाथ धोने सहित कोविड उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन करना चाहिए रेमडेसिवर दवा केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को महत्वपूर्ण एंटी वायरल दवा रेमडेसिवर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तारित आवंटन योजना शुरू की है

श्री गौड़ा ने कहा कि इस आवंटन योजना से देश भर में इस महत्वपूर्ण दवा की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित होगी उन्होंने कहा कि इससे कोविड रोगियों को इसकी खरीद में आने वाली कठिनाई को दूर करने में मदद मिलेगी श्री गौड़ा ने कहा कि इस दवा की लगातार आपूर्ति से महामारी से लड़ने में सहायता मिलेगी विस्तारित आपूर्ति योजना के अंतर्गत दिल्ली महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ गुजरात मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के लिए इसके आवंटन में काफी वृद्वि होगी पीआईबी पीआईबी ने लोगों से कोविड वैक्सीन के लिए कोविन डॉट जीओवी डॉट इन पर पंजीकरण कराने का आग्रह किया है सोशल मीडिया पर टीकाकरण के बारे में फर्जी मोबाइल ऐप्प को देखते हुए पीआईबी ने यह स्पष्टीकरण जारी किया है

और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है

मुख्यमंत्री को रायपुर के विधायक उमेश शर्मा काऊ ने बताया कि आईसीयू में पांच बाईपेप मशीन भी लगाई गई हैं मुख्यमंत्री को सेन्टर हेड डॉ बीपी सिंह ने कोविड केअर सेंटर के संचालन के लिए चिकित्सकों व स्टाफ को बढ़ाने का आग्रह किया जिस पर मुख्यमंत्री की ओर से सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया गया साथ ही मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि अन्य व्यवस्थाओं के साथ ही डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ आदि के भोजन पानी और आराम करने की उचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाये निरीक्षण के दौरान विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम चंद अग्रवाल जिलाधिकारी डॉ आशीष श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे

राज्य के कई शासकीय महाविद्यालयों के शिक्षक कार्मिक प्राचार्य और उनके परिजनों के कोरोना संक्रमित और असामयिक निधन के चलते उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने राज्य के विभागीय अधिकारीयों को महाविद्यालयों में ग्रीष्मावकाश करने का निर्देश दिए हैं

बैठक में उन्होने अधिकारियों को दवाओं और ऑक्सीमीटर आदि की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कोविड के प्रसार को रोकने के लिए इनफोर्समेंट पर भी फोकस किए जाने के निर्देश दिए उन्होने कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से चेक किया जाए ताकि उनकी ट्रेसिंग सुनिश्चित की जा सके मुख्य सचिव ने कहा कि होम आईसोलेशन में रह रहे कोविड पेशेंट की लगातार मॉनिटरिंग कर टेली कन्सल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध करायी जाए बाद में मुख्य सचिव ने प्रदेश के विभिन्न प्राईवेट अस्पतालों के उच्चाधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी समस्याओं के विषय में बात की उन्होंने प्राईवेट अस्पताल संचालकों को ऑक्सीजन और रेमिडिसिविर की आपूर्ति का आश्वासन देते हुए कहा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाए जाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं मुख्य सचिव ने अस्पतालों को पोर्टल पर रियल टाईम डाटा अपलोड किए जाने के साथ ही बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्रोटोकॉल के अनुसार उचित व्यवस्था किए जाने के भी निर्देश दिए

ताकि सुदरवर्ती गांव के लोगों को जिला अस्पताल ना आने पड़ें

जिससे बाजारों में सन्नाटा छाया रहा जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड कर्फ्यू के तहत आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी दुकाने पूर्ण रुप से बंद रहेंगी उन्होंने जनता से अपील की कि वह अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकले बागेश्वर बागेश्वर जिले के जिलाधिकारी विनीत कुमार ने कोरोना संक्रमण के दौरान महिला समूह को रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर नई पहल की शुरुआत की है उन्होने सामान्य कोविड मरीजों को दी जाने वाली दवाईयों की किट जिले की महिला समूह से तैयार करने के निर्देश दिये है मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में प्रशिक्षण के बाद महिला समूह को यह कार्य सौंपा जाएगा

साथ ही लॉकडाउन के संदर्भ में जारी किए नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दंड भी निर्धारित किया है जिले में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थ्रकना प्रतिबंधित होगा इन नियमों का पालन न करने पर पहली बार पांच सौ रुपए दूसरी बार सात सौ रुपए तथा तीसरी बार उल्लंघन करने परएक हजार रुपए अर्थदंड के रूप में वसूला जाएगा